चौवन प्रतिशत से अधिक वोटरों ने अपने मताधिकार का किया प्रयोग

राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव और तेज प्रताप यादव का भी फैसला इसी चरण में तीसरे और अंतिम चरण के लिये चुनाव प्रचार हुआ तेज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

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एच आर श्रीनिवास ने बताया कि मुजफ्फरपुर में सर्वाधिक उनसठ दशमलव नौ आठ प्रतिशत मतदान हुआ जबकि पटना में सबसे कम छियालीस दशमलव पांच सात प्रतिशत मतदान रिकॉर्ड किया गया आयोग के अनुसार बेगूसराय में अंठावन दशमलव शून्य आठ पूर्वी चंपारण में छप्पन दशमलव सात पांच सीतामढ़ी में छप्पन दशमलव दो शून्य खगड़िया और समस्तीपुर में छप्पन प्रतिशत से अधिक मतदान हुआ है

हमारे दरभंगा संवाददाता ने बताया कि दूसरे चरण के मतदान में वैश्विक कोविड महामारी से बचाव के सभी उपायों को अपनाते हुए मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया

अपराधियों ने गोलीबारी की और उनके वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया हालांकि इस हमले में जदयू प्रत्याशी सुरक्षित हैं वैशाली जिले के लालगंज विधानसभा क्षेत्र के मतदान संख्या एक सौ इक्यानवे पर सुरक्षा में तैनात बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर के आर भाई की ह्रदयगति रूक जाने से मौत हो गयी कटिहार जिले के करसेला थाना क्षेत्र अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या इकतीस स्थित कोसी पुल के पास आज एनडीए प्रत्याशी का प्रचार वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में पलट गयी इस घटना में प्रचार वाहन पर सवार पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गये दूसरे चरण में भारतीय जनता पार्टी के छियालीस जनता दल युनाइटेड के तैंतालीस और विकासशील इंसान पार्टी पांच के पांच उम्मीदवार मैदान में हैं वहीं राष्ट्रीय जनता दल ने छप्पन सीटों और कांग्रेस ने चौबीस सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए किये हैं जबकि चौदह सीटों पर वामदलों के उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं लोक जनशक्ति पार्टी ने बावन उम्मीदवार मैदान में उतारे आरएलएसपी के छत्तीस बहुजन समाज पार्टी के तैंतीस और एनसीपी के उन्नीस उम्मीदवारों की किस्मत भी ईवीएम में बंद हो गयी है गौरतलब है कि दो हजार पन्द्रह के विधानसभा चुनाव में इन चौरानवे सीटों में से राजद ने तैंतीस सीटें जीती थी जनता दल युनाईटेड ने तीस भारतीय जनता पार्टी ने बीस और कांग्रेस ने सात सीटें जीती थी

महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव राघोपुर से दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं इस चरण में मतदाओं ने चार मंत्रियों नन्द किशोर यादव श्रवण कुमार राणा रणधीर और रामसेवक सिंह का राजनीतिक भविष्य भी तय कर दिया है दौ सौ तैंतालीस सदस्यों वाली बिहार विधानसभा के लिए तीन चरणों में चुनाव कराये जा रहे हैं पहले चरण का चुनाव अठाईस अक्टूबर को हुआ था जबकि तीसरे और अंतिम चरण का चुनाव सात नवम्बर को होगा मतगणना दस नवम्बर को होगी जदयू के वरिष्ठ नेता और सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार ने राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव और तेज प्रताप यादव के खिलाफ गलत हलफनामा देने की चुनाव आयोग से शिकायत की है मुख्य निर्वाचन अधिकारी एच आर श्रीनिवास को ज्ञापन देकर पूरे मामले की जांच कराने की मांग की गयी है जदयू नेता ने आरोप लगाया है कि लालू प्रसाद के दोनों बेटों ने अपने चुनावी हलफ्नामे में जो जानकारी दी है वो गलत है दोनों नेताओं ने संपत्ति संबंधी जानकारी छुपाई है प्रदेश में पन्द्रह जिलों के अठहत्तर विधानसभा क्षेत्रों में तीसरे और अंतिम चरण के चुनाव के लिए प्रचार चरम पर है इस चरण में सात नवम्बर को वोट डाले जायेंगे विभिन्न दलों के वरिष्ठ नेता और स्टार प्रचारक अपने अपने उम्मीदवारों के समर्थन में लगातार चुनावी रैलियां कर रहे हैं एनडीए और महागठबंधन के नेता मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं वाल्मीकिनगर संसदीय सीट के लिए उपचुनाव भी तीसरे चरण के साथ ही कराया जायेगा तीसरे और अंतिम चरण के चुनाव प्रचार अभियान के दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि एनडीए सरकार सबका विश्वास सबका विकास के मंत्र का अनुसरण करते हुए समाज के सभी वर्गों के विकास के लिए काम कर रही है अररिया जिले के फारबिसगंज में एनडीए के लिए चुनावी रैली में श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब बिहार सिर्फ नकारात्मक बातों के लिए जाना जाता था श्री मोदी ने कहा कि इस बार की चुनाव में जनतंत्र की जीत होगी

उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास के साथ प्रदेशवासी आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर बिहार के लिए प्रतिबद्ध हैं

श्री कुमार ने कहा कि राजद ने अपने शासनकाल में जनता को विकास से काफी दूर रखा है और अब चुनाव में वोट के लिए लोक लुभावन वादे कर रहे हैं उन्होंने कहा कि यदि फिर से जनता ने विश्वास दिया तो युवाओं के लिए नये अवसर के साथ साथ नई तकनीक में उनका कौशल विकास भी किया जायेगा

उन्होंने आरोप लगाया कि कोविड उन्नीस लॉकडाउन के दौरान बिहार के प्रवासी मजदूरों के साथ दुर्व्यवहार किया गया और उन्हें उनकी किस्मत पर छोड दिया गया श्री गांधी ने कहा कि केन्द्र और राज्य दोनों सरकारों ने प्रवासी मजदूरों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया उन्होंने कहा कि नितीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार की खराब नीतियों के कारण राज्य में गरीब खराब स्थिति में रह रहे हैं श्री गांधी ने कहा कि श्री कुमार के शासनकाल में राज्य में कोई भी बड़ा निवेश नहीं आया और न ही कोई उद्योग स्थापित हुआ राजद के वरिष्ठ नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी प्रसाद यादव ने सीतामढ़ी में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए करते हुए दावा किया कि उनकी सरकार बनते ही दस लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी जायेगी

श्री पासवान ने कहा कि यह जनता का फैसला होगा इससे उनकी कोई भूमिका नहीं होगी उन्होंने कहा कि उन्हें बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट चाहिए केन्द्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि जन धन खातों सहित बैंक के साठ करोड़ बचत खातों पर कोई सेवा शुल्क नहीं लगता है वित्त मंत्रालय ने कहा है कि मीडिया में ऐसी खबरें आ रही हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ बैंक सेवा शुल्कों में वृद्धि कर रहे हैं मंत्रालय ने कहा है कि शुल्कों में कोई वृद्धि नहीं की गई है

चौवन प्रतिशत से अधिक वोटरों ने अपने मताधिकार का किया प्रयोग

राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव और तेज प्रताप यादव का भी फैसला इसी चरण में तीसरे और अंतिम चरण के लिये चुनाव प्रचार हुआ तेज